प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शीतलहर चलने से सर्दी का असर बरकरार

इस निर्णय से अब पांच लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पडेगा

उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न वर्गो के लगभग करीब तीन करोड लोगो को फायदा मिलेगा श्री गोयल ने बजट में मानक कटौती चालीस हजार रूपये से बढाकर पचास हजार रूपये करने की घोषणा की श्री गोयल ने अंतरिम बजट को देश की विकास यात्रा का माध्यम बताया बजट में देश में किसानों की आय द्गनी करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम से एक योजना की घोषणा की गई

ये राशि तीन किश्तों में दी जायेगी

बजट में गेच्युटी सीमा भी दस लाख रूपये से बढाकर तीस लाख रूपये करने की घोषण की गई श्रमिकों को दिये जाने वाले बोनस में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है इसे साढे तीन हजार रूपये से बढाकर सात हजार रूपये कर दिया गया है

घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से मेगा पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन लागू की जायेगी योजना के तहत साठ वर्ष की उम्र के बाद इन कामगारों को हर महीने तीन हजार रूपये पेंशन के रूप में मिलेंगे

उज्ज्वला योजना में आठ करोड़ गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई वहीं मुद्रा योजना के तहत पांच करोड़ से अधिक लोन दिये जायेंगे श्री गोयल ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी के बावजूद राजस्व में बढ़ोतरी हुई है

प्रद्यण मुक्त भारत बनाने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमुख ऊर्जा स्त्रोत के रूप में काम में लेने की घोषणा की गई है

बजट में रक्षा क्षेत्र पर तीन लाख करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च करने की घोषणा की गई

उपभोक्ताओं पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए जी एस टी परिषद के विभिन्न कर राहत उपायों के बाद जनवरी में जीएसटी संग्रह बढ़ा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राजस्थान विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्रसंघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बेरोजगारों को यह सौगात दी बेरोजगारी भत्ते की बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो रही है और नई दरों पर भूगतान एक मार्च से शुरू हो जाएगा

वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये है

जिले का मकराना जिला स्तर पर पहले डीडवाना दसरे और लाडन ने तीसरा स्थान हांसिल किया है

उन्होने जिले में नशे की समस्या को गंभीर मानते हुए पुलिस अधीक्षक को नशा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिये अलग पुलिस टास्क फोर्स का गठन किया जाए

हालांकि शीतलहर चलने से सर्दी का असर बना हआ है